मतगणना सुबह आठ बजे से शुरू होगी इसके लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई है मतगणना केंद्रों की सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किये गये हैं मतपेटियां रखने के लिए बनाये गए बावन स्ट्रॉन्ग रूम की निगहबानी सीसीटीवी कैमरों के जरिए की जा रही है वहीं मतगणना के लिए आज सभी जिलो में कार्मिकों को मतगणना संबंधी प्रशिक्षण दिया गया प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनरों ने कार्मिकों को मतपेटी खोलने अध्यक्ष सदस्य के मतपत्र के रंग वैध और अवैध मत आदि के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी कार्मिकों को मतगणना के दिन निष्पक्ष तरीके से कार्य करने और मतगणना में सावधानी बरतने के निर्देश दिये गए साथ ही ये भी कहा गया कि मतगणना के दौरान कोई भी कार्मिक किसी भी उम्मीदवार और अभिकर्ता से विवाद न करें

यहां मतगणना की तैयारी पूरी कर ली गई है जिला निर्वाचन अधिकारी विनोद कुमार सुमन ने बताया की स्ट्रांग रूम पूरी तरह से सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में है और मतगणना हॉल में भी सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं उन्होंने बताया कि हल्द्वानी नगर निगम लालकुआं और कालादूंगी नगर पंचायत की मतगणना हल्द्वानी के एमबी इंटर कॉलेज परिसर में होगी

नगर निकाय चुनाव में मतदाताओं और राजनीतिक दलों की सुविधा के लिए इस बार राज्य निर्वाचन आयोग ने एनआईसी के सहयोग से मोबाइल एप तैयार किया है राज्य निर्वाचन आयुक्त चंद्रशेखर भट्ट ने बताया कि इस एप के जरिए विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं

स्लग सीएम आभार मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने नगर निकाय चुनाव में हुए शांतिपूर्ण मतदान के लिए मतदाताओं का आभार जताया है साथ ही उन्होंने चुनाव कार्य में लगे अधिकारियों कर्मचारियों और पुलिस बल की भी उनके योगदान के लिए प्रशंसा की मतदाताओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह देश में लोकतंत्र की मजबूती और परिपक्वता का प्रमाण है उन्होंने कहा कि मतदाताओं ने मतदान के लिए जिस उत्साह का परिचय दिया वह उल्लेखनीय है

स्लग पीएम उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज पश्चिमी पेरीफेरल एक्सप्रेस वे के कुंडली मानेसर खंड का उद्घाटन किया उन्होंने तीन किलोमीटर से अधिक लंबे दिल्ली मैट्रो के एस्कॉर्ट्स मुजेसर बल्लभगढ़ कॉरिडोर का भी उद्घाटन किया श्री मोदी ने पलवल में पहले विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय की आधारशिला भी रखी हरियाणा के गुरुग्राम में मुख्य परियोजनाओं का उद्घाटन करने के बाद श्री मोदी ने कहा कि दो ढांचागत योजनाओं से संपर्क व्यवस्था में नई क्रांति आएगी श्री मोदी ने कहा कि एक्सप्रेस वे दिल्ली और आसपास के इलाकों में प्रदूषण कम करने में बड़ी भूमिका निभाएगा प्रधानमंत्री ने संपर्क व्यवस्था बेहतर होने से रोजगार के नये अवसर मिलने की बात कही उन्होंने कहा कि मैट्रो रेलवे और जलमार्गो से एक ऐसी व्यवस्था विकसित होती है जिससे निर्माण और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों को फायदा पहुंच सकता है

पार्क प्रशासन सैलानियों को यह सुविधा देने के प्रयासों में जुटा हुआ है पार्क में आनलाइन परमिट की बुकिंग की सुविधा पहले से ही मौजूद है पार्क प्रशासन की माने तो पीक सीजन पर जिप्सियों की कमी हो जाती है इसके साथ ही नेचर गाइडों में भी कई तरह के विवाद हो रहे हैं इसके मद्देनजर पार्क प्रशासन अब जिप्सी और नेचर गाइड को भी आँनलाइन बुकिंग की सुविधा देने पर विचार कर रहा है पार्क वार्डन शिवराज चंद का कहना है कि आनलाइन बुकिंग रोस्टर प्रणाली को अपनाकर सभी विवादों को समाप्त किया जा सकेगा और पर्यटकों को बेहतर सुविधा मिल सकेगी स्लग उत्तरकाशी दुर्घटना आज उत्तरकाशी में बड़कोट तहसील के पुरोला नौगांव मोटरमार्ग पर एक कार अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई इस हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई ये हादसा ग्राम मंजियाली के पास हुआ बताया जा रहा है कि कार में तीन लोग सवार थे और पुरोला से नौगांव की ओर जा रहे थे हादसे में कार सवार सभी लोगों की मौत हो गई वहीं उत्तरकाशी के जिलाधिकारी डॉ आशीष चौहान ने रविवार को डामटा में हुई सड़क दुर्घटना में मृतकों और घायलों के परिवारों को तत्काल मुआवजा देने और घटना की मजिस्ट्रीयल जांच के आदेश दिये हैं कल हुई सड़क दुर्घटना के बाद जिलाधिकारी डा आशीष चौहान ने पिछले तीन महीनों में हुई सड़क दुर्घटनाओं की सूची तलब की हैं साथ ही उन्होंने सड़क दुर्घटना के कारणों की गहन समीक्षा की और अधिकारियों से दुर्घटनाओं को कम करने के सुझाव भी लिए उन्होंने दुर्घटनाओं को कम करने के लिए अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया है समिति को वाहनों और वाहन चालकों का माइक्रो लेवल मॉनीटरिंग और स्टडी करने के निर्देश दिये गए हैं जिलाधिकारी ने नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने उनके अभिभावकों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश भी दिये हैं स्लग बदरीनाथ कपाट विश्व प्रसिद्ध धाम बदरीनाथ के कपाट कल शीतकाल के लिए बंद कर दिये जाएंगे धाम के कपाट दोपहर तीन बजकर इक्कीस मिनट पर मंत्रोच्चार के बीच विधि विधान के साथ बंद किये जाएंगे इसके लिए मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया है कपाट बंद होने से पहले की जाने वाली पूजा अर्चना का खास महत्व होता है आज मां लक्ष्मी की प्रजा की गई कल कपाट बंद होने के अवसर पर उद्घव जी का विग्रह भगवान के सानिध्य से बाहर लाया जाएगा इसके बाद मां लक्ष्मी का विग्रह भगवान के निकट रखा जाएगा कपाट बंद होने पहले भगवान बदरी को ऊन का लबादा पहनाया जाता है जिस पर घी लगाया जाता है इसे देश के अंतिम गांव माणा की कन्या बुनकर भगवान को अर्पित करती हैं कपाट बंद होने के बाद भगवान विष्णु की डोली उनके शीतकालीन प्रवास जोशीमठ के लिए ले जाई जाएगी जहां अगले छह महीने श्रद्वालु उनके दर्शन कर सकेंगे स्लग मौसम प्रदेश में सर्दी में धीरे धीरे इजाफा हो रहा है मैदानी इलाकों में गुलाबी ठंड है तो वहीं उच्च पहाड़ी क्षेत्रों में तापमान काफी नीचे आ गया है कहीं धूप खिली है तो कहीं आंशिक बादल छाए हुए हैं मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा अगले कुछ घंटों में उत्तरकाशी चमोली रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ जनपदों के ऊंचाई वाले इलाकों में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है वहीं पैंतीस सौ मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फ पड़ने की भी संभावना है मैदानी इलाकों में सुबह के समय कोहरा छाया रहेगा

यह वैश्विक स्वच्छता संकट के समाधान के लिए जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है